पूरे प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ा

उनतालीस नये मरीजों की पहचान

देश में बेनामी संपत्ति और लेन देन से जुड़े मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालतें करेंगी वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर विशेष अदालतों की सूची स्पष्ट कर दी है भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है बिहार में ऐसे मामलों की सुनवाई अब जिला और सत्र न्यायाधीश पटना की अदालत में होगी अदालते चिन्हित होने के बाद अब बेनामी संपत्तियों के मुकदमें की सभी फाइल विशेष अदालतों में आ जायेगी बेनामी संपत्ति लेन देन कानून उन्नीस सौ अठासी को संशोधित और मजबूत कर एक नवम्बर दो हजार सोलह को लागू किया गया था इस कानून की धारा सात के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों को सात साल तक के कठोर कारावास और संपत्ति के बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत तक जुर्माने तक का प्रावधान है पूरे प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में लगभग चार सौ डेंगू से पीड़ित मरीजों का इलाज कराया जा रहा है डेंगू के उनतालीस नये मरीजों की पहचान हुई है इसके अलावा तीन मरीज चिकनगुनिया और दो मरीज जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित पाये गये है पटना के पच्चीस सिवान के ग्यारह औरंगाबाद अरवल और गया के एक एक मरीज में डेंगू की प्रष्टि हुई है पीएमसीएच मेडिसीन विभाग के विभागाध्यक्ष ने लोगों से सजग रहने समय पर इलाज कराने और डेंगू से पीड़ित होने पर प्लेटलेट्स की जांच कराते रहने की अपील की है रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आज महाराजगंज मशरख रेलखंड का उद्घाटन करेंगे लगभग चार सौ बारह करोड़ की लागत से नवनिर्मित इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होने से इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को गति मिलने की संभावना है साथ ही महाराजगंज के लोगों को छपरा थावे आने जाने का एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग सुलभ हो जायेगा गौरतलब है कि जनता की मांग पर तत्कालीन रेल मंत्री और वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्नीस फरवरी दो हजार चार को इस रेलखंड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था देश भर के हाईवे पर निर्बाध मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सभी राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर अत्याध्रनिक थ्री जी टॉवर लगाने का काम शुरू हो गया है केन्द्रीय संचार मंत्रालय के निर्देश पर मोबाईल सिग्नल की उपलब्धता की जांच कर चप्पे चप्पे पर बीटीएस स्थापित करने का काम किया जा रहा है दक्षिण बिहार के सत्रह जिलों को सूखे से राहत दिलाने के लिए नयी भूमि संरक्षण योजना शुरू की जायेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत तीन हजार करोड़ रूपये खर्च कर इन जिलों की चार सौ उनचास जलछाजन योजनाओं को पूरा किया जायेगा इसके अंतर्गत अठाईस लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तालाब चेक डैम और सामूहिक बोरिंग के अलावा सिंचाई जल संरक्षण और जल संचय की योजनाओं को मूर्तरूप देने का लक्ष्य है एसटीएफ की टीम ने बिहार झारखंड के मोस्टवांटेड नक्सली कमांडर रामस्वरूप यादव को गया से गिरफ्तार कर लिया है भाकपा माओवादी के बिहार झारखंड के मध्य जोन के जोनल कमांडर रामस्वरूप यादव पर झारखंड पुलिस ने दस लाख और बिहार पुलिस ने एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया था इसके खिलाफ गया औरंगाबाद रोहतास कैमूर समेत अन्य जिलों में पचास से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन रोड के दोनों किनारों पर चार सौ अड़तीस करोड़ रूपये की लागत से शॉपिंग कॉम्पलेक्स और बाजार का निर्माण कराया जायेगा इस योजना की डिजाईन और डीपीआर तैयार कर ली गयी है दो माह के अंदर एजेंसी का चयन और वर्क ऑर्डर देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी भाजपा के दिवंगत सांसद भोला सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज दोपहर बारह बजे बेगूसराय में गंगा नदी के सिमरिया घाट पर किया जायेगा अंतिम संस्कार में भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष नित्यांनद राय उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अलावा राज्य तथा केन्द्र के कई मंत्री विधायक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे गौरतलब है कि लंबी बीमारी के बाद उन्यासी वर्ष की आयू में भोला सिंह का परसो नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था बेगूसराय जिले में गढ़पुरा प्रखंड के दुनही गांव में जन्मे भोला सिंह अपने समाजवादी विचारों के लिए जाने जाते थे सीबीएसई ने स्कूलों के संबद्धता का बायलॉज बदल दिया है नया बायलॉज इसी वर्ष से लागू कर दिया गया है इसके तहत स्कूलों को संबद्धता लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा

जहानाबाद की बड़ी ठाकुरबाड़ी में दशहरा मेले देखने आयी महिलाओं पर बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया इस हमले में दो दर्जन से अधिक महिलाएं जख्मी हो गयीं अचानक हमला होने से मेला स्थल पर अफरातफरी मच गयी घायल महिलाओं को इलाज के लिए जहानाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी स्थान पर महिलाओं के ऊपर ब्लेड से हमले हुए थे डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर जल्द कार्रवाई की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह उनचासवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छब्बीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी इसके अलावा लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे कर एसएमएस से प्राप्त लिंक से भी सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं मोकामा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त की है मोकामा थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि छापेमारी के दौरान एकतीस बोरी देशी शराब पचपन बोतल विदेशी शराब और छह हजार दो सौ पाउच शराब बरामद की गयी इस मामले में संलिप्त शराब कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है वीनू मांकड़ अंडर नाईनटीन एकदिवसीय क्रिकेट मैच में बिहार ने मणिपुर को आठ विकेट से पराजित कर दिया भुवनेश्वर में खेले गये इस मैच में बिहार के शिवम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नौ ओवरों में तीन विकेट लिये बिहार का अगला मैच चौबीस अक्टूबर को मिजोरम से होगा आज के सभी समाचार पत्रों अमृतसर रेल हादसे की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने लिखा है अमृतसर रेल हादसे में बिहार के पांच की मौत दैनिक जागरण की सुर्खी है बेगूसराय के सांसद भोला बाबू नहीं रहें

अखबार ने अमृतसर हादसे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शोक जताने की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है नीतीश ने जताया शोक मृतकों के आश्रितों को एक एक लाख रूपये का मुआवजा दैनिक भास्कर लिखता है उनसठ मौतों का गुनाहगार कौन अखबार की एक अन्य सुर्खी है बीपीएससी शिक्षा सेवा के लिए चुने गये युवक की गोली मारकर हत्या प्रभात खबर ने लिखा है लाल किले में आज तिरंगा फहरायेंगे पीएम एक अन्य खबर की सुर्खी है गुजरात में बच्ची के साथ रेप करने वाला आरोपी धराया

पूरे प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ा

उनतालीस नये मरीजों की पहचान